अब तक दो लाख अड़तीस हजार से अधिक रोगी हो चुके हैं स्वस्थ बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इससे लगभग पांच करोड़ किसानों और पांच लाख मजदूरों को लाभ मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने गन्ना किसानों को तीन हजार पांच सौ करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया है जो सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह आंदोलनकारी किसानों से बातचीत करने और मामले के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक समिति के गठन पर विचार रहा है प्रधान न्यायाधीश एसएबोबडे और न्यायमूर्ति एएसबोपन्ना तथा वीरामासुव्रामणयन की पीठ ने कहा है कि इस समिति में भारतीय किसान यूनियन भारत सरकार और अन्य कृषि संगठनों के प्रतिनिधि होंगे न्यायालय ने हाल में बनाये गये कृषि कानूनों के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने की मांग संबंधी दो याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये बात कही मामले की कल फिर सुनवाई होगी केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि नये कृषि कानूनों को पंजाब छोड़कर देश के सभी हिस्सों के किसानों का समर्थन मिल रहा है आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कानून का विरोध कर रहे किसान संगठनों से बातचीत चल रही है और सरकार उन्हें आश्वस्त करने के प्रयास में जुटी है कि ये सभी बिल किसानों के हित में हैं

गया में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये दल कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं उससे साफ है कि किसानों के हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है श्री सिंह ने कहा कि कानून लागू होने के बाद भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिया जा रहा है और अब तक केंद्र सरकार ने सत्तर हजार करोड़ रुपये का धान किसानों से खरीदा है केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की पहल के बाद समस्तीपूर जिले के मुक्तापूर के किसानों को गोभी का उचित मूल्य मिलने लगा है गौरतलब है कि इस गांव के एक किसान ने गोभी की उचित कीमत नहीं मिलने के बाद अपने खेत में लगे फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया था स्थानीय व्यवसायी मात्र एक रूपये प्रति किलो की दर से गोभी का दाम दे रहे थे यह खबर सामने आने के बाद रविशंकर प्रसाद ने अपने स्तर से पहल की उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर को निर्देश दिया कि वे किसान से संपर्क कर उनकी फसल को देश के दूसरे राज्य में सही दाम पर बेचने की व्यवस्था करें किसानों के लिये बनाये गये डिजिटल प्लेटफार्म नैम की मदद से इस किसान की गोभी दस रूपये प्रति किलो की दर से बिकी केन्द्रीय मंत्री ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी है उन्होंने टवीट में कहा कि नये कृषि कानूनों का यही फायदा है उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय और स्वतंत्र बांग्लादेश के उदय की स्मृति में आज देश भर में विजय दिवस मनाया गया उन्नीस सौ इकहत्तर में पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने नब्बे हजार से अधिक सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्तिवाहिनी के सामने आत्मसमर्पण किया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस मौके पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है कि भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में वीरता का एक नया अध्याय लिखा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को टोलों और बसावटों के बीच संपर्क पथ का सत्यापन कराए जाने का निर्देश दिया है ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने बचे हुए कार्यों को तेजी से पूरा करने का भी निर्देश दिया प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानवे दशमलव चार एक प्रतिशत हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान चार सौ छियासठ मरीजों को उपचार के बाद छूट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख अड़तीस हजार चार सौ बासठ हो गयी है वहीं इसी अवधि में पांच सौ पैंसठ नये मामलों की भी पुष्टि हुई सबसे अधिक दो सौ पैंतीस नये मामले पटना से सामने आये हैं वहीं एक दिन में तीन मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार तीन सौ बत्तीस हो गया है देश में कोविड से ठीक होने की दर पंचानवे दशमलव दो एक प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में तैंतीस हजार से अधिक संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हुए अब तक कूल चौरानवे लाख छप्पन हजार से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हो चूके हैं इसी अवधि में कोरोना संक्रमण के छब्बीस हजार तीन सौ बयासी नए मामलों की भी पुष्टि हुई है वहीं एक दिन में तीन सौ सतासी मौतों के साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या एक लाख चौवालीस हजार से अधिक हो गई है देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या तीन लाख बत्तीस हजार से अधिक है केन्द्र सरकार ने कोरोनावायरस टीकों की किसी भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण के बाद कुछ प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है इन दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक टीकाकरण सत्र में सीमित संख्या में टीकाकरण किए जाएंगे टीकाकरण के बाद लोगों की तीस मिनट तक निगरानी भी अनिवार्य है

वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कोरोनो वायरस संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए लोगों से सभी एहतियाती उपायों का पालन करने की अपील की है उन्होंने कहा कि टीका आने के बाद भी लोगों को टीकाकरण की अपनी बारी के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार कदम उठाना चाहिए साउंड बाईट हमें ध्यान रखना होगा कि हम लोग संक्रमित न हो इस बीमारी से जिसके लिए बार बार कहते हैं कि वैक्सीनेशन जब तक नहीं आता तब तक हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है मास्क रखना है अपने हाथों को बार बार साफ करना है और भीड़ भाड़ जगहों से दूर रहना है हमें समझना भी होगा कि एक बार में इतने वैक्सीनेशन नहीं बन सकते इस लिए वैक्सीनेशन आ भी जाये तो उसके लिए जो गर्वमेंट प्रॉयटी दे उसको ध्यान से सुनें और उसी के अनुसार हम अपने वैक्सीनेशन का इंतजार करें पटना के बिहटा स्थित ईएसआईसी अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिये पीएम केयर्स फंड के तहत संचालित कोविड अस्पताल कल से बंद हो जायेगा यह अस्पताल पटना एम्स के सहयोग से संचालित हो रहा था एम्स के कोविड विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है अब गंभीर रूप से बीमार कोविड रोगियों को पटना एम्स में ही भर्ती लिया जायेगा उन्होंने बताया कि अब बिहटा ईएसआईसी अस्पताल में सामान्य मरीजों का उपचार होगा सुप्रीम कोर्ट ने बाल संरक्षण गृह में रह रहे बच्चों की पढ़ाई के लिये राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को दो हजार रूपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया है एक मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते ऐसे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि कोरोना के कारण जो बच्चे अपने घर भेजे जा चुके हैं अगर उनके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है तो उन्हें भी पढ़ाई के लिये यह रकम मिलनी चाहिए प्रदेश के दक्षिण पश्चिम हिस्से रोहतास कैमूर औरंगाबाद अरवल और जहानाबाद जिले में कई स्थानों पर आज हल्की बूंदाबांदी हुई मौसम विज्ञान कोन्द्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाये रहेंगे और कहीं कहीं ब्रंदाबांदी भी हो सकती है मौसम वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि अगले दो दिनों तक मौसम में कोई खास परिवर्तन के आसार नहीं हैं

बेगूसराय जिले के बीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीपुर स्थित आईडीबीआई बैंक की शाखा में अपराधियों ने दिन दहाड़े छह लाख पैंसठ हजार रूपये लूट लिये पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने बताया कि लगभग सात की संख्या में आये अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी अभियान जारी है आय से अधिक संपत्ति मामले में पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया नगर परिषद में पदस्थापित कनीय अभियंता सुजय सुमन के आवास पर निगरानी जांच ब्यूरो छापेमारी कर रही है आरोपी अभियंता के खिलाफ दो वर्ष पूर्व आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला विधानसभा में उठा था जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक छब्बीस और सत्ताईस दिसम्बर को पटना में आयोजित होगी बैठक में देश भर से पार्टी नेता शामिल होंगे छब्बीस दिसम्बर को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जबकि सत्ताईस दिसम्बर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने वर्ष दो हजार बीस और दो हजार इक्कीस की मध्यमा परीक्षाओं का आयोजन एक साथ करने का फैसला किया है बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर भारती मेहता ने बताया कि परीक्षा दो मार्च से पांच मार्च के बीच आयोजित की जायेगी गौरतलब है कि इस बार कोरोना के कारण मध्यमा परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका था

अब तक दो लाख अड़तीस हजार से अधिक रोगी हो च्रके हैं स्वस्थ